बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में सिरमौर सहित पूरा प्रदेश चहंमुखी विकास की ओर अग्रसर है बिंदल आज नाहन के कोलर में अटल आदर्श विद्यालय के लिए जुमीन का जायज़ा लेने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों को स्कूल की स्थापना के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज शीघ्र तैयार करने को कहा ताकि इस विद्यालय का काम तुरंत आरम्भ किया जा सके

इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर जमा दो तक की शिक्षा विद्यार्थियों को निशुल्क दी जाएगी और उन्हें आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी

पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन जिला व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने भी इस मौके पर देवदार का पौधा लगाया